इसके बाद उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे इसके पहले कांग्रेस और भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार तथा स्टार प्रचारक आज सुबह से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक उम्मीदवारों को रात बारह बजे तक ही प्रचार की अनुमति रहेगी निकाय चुनाव में प्रचार समाप्ति की समय सीमा लोकसभा और विधानसभा चुनाव से अलग है इस बीच प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए परसों इक्कीस दिसंबर को मतदान होगा इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं बालोद सहित अन्य जिलों के नगरीय निकायों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाया मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ कल मतदान केन्द्रों के लिए रवाना किया जाएगा

इस बीच नगरीय निकाय चुनाव के दौरान अपने चुनावी खर्चो का हिसाब नहीं देने वाले चार सौ उनसठ उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया गया है प्रदेश के जिन नगरीय निकायों में चुनाव होना है उनमें दस नगर निगम अड़तीस नगर पालिका और एक सौ तीन नगर पंचायतें शामिल हैं वहीं बिरगांव के एक और भिलाई के दो वार्डों में उप चुनाव होगा चुनाव प्रचार प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज प्रमुख राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो कर चुनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने राज्य सरकार की कुछ विशेष योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि एक वर्ष के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण वादे पूरे किए गए हैं वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी धमतरी में आज पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं लीं इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीते एक साल में प्रदेश में विकास ठप्प पड़ गया है उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने बालोद के विभिन्न वार्डो में भ्रमण कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसमर्थन मांगा राष्ट्रीय पुरस्कार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर पंद्रह पुरस्कार मिले हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रमुख सचिव सुब्रत साह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के हाथों ये पुरस्कार ग्रहण किए इनमें मनरेगा के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए राज्यों को दिए जाने वाले तीन जिलों और विकासखंडों को दिए जाने वाले एक एक तथा ग्राम पंचायतों के लिए दो प्रस्कार शामिल हैं वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रणवत्ता की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दूसरा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ओवरऑल परफॉर्मेस में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है सेंट्रल पूल चावल केन्द्र सरकार ने चालू खरीफ मौसम के दौरान केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से चौबीस लाख मीटरिक टन चावल लेने पर सहमति दे दी है केन्द्र सरकार की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है राज्य सरकार ने केन्द्र से बत्तीस लाख मीटरिक टन चावल लिए का आग्रह किया था गौरतलब है कि प्रदेश में निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है धान खरीदी का कार्य आगामी पंद्रह फरवरी तक चलेगा प्रदेश में इस साल लगभग पचयासी लाख मीटरिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी आवास समितियों के जरिए व्यवस्थित और सुविधायुक्त आवासगृहों का निर्माण होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों के लिए आदर्श उप विधि का अनुमोदन कर दिया है मुख्यमंत्री मितव्ययता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को विभिन्न आयोजनों और दौरों के लिए मितव्ययता बरतने के निर्देश दिए हैं श्री बघेल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास के दौरान उन्होंने महसूस किया है कि कार्यक्रम स्थल की साज सज्जा में बड़ी राशि खर्च की जाती है उन्होंने कहा कि भविष्य में उनके प्रवास के दौरान मण्डप शामियाना और साज सज्जा में अनावश्यक व्यय न किया जाए और मितव्ययता के साथ न्यूनतम आवश्यक व्यवस्थाएं ही की जाएं मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव को भी संबंधितों को निर्देश देने को कहा है अंतरिक्ष प्रदर्शनी दुर्ग भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर भिलाई के बी आईटी मैदान में आज से दो दिवसीय अंतरिक्ष प्रदर्शनी शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नेशनल रिमोर्ट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद छत्तीसगढ़ काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी और भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन इसरो के पूर्व निदेशक पद्मश्री पीएस गोयल ने किया प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों ने वाटर रॉकेट लॉचिंग का अवलोकन किया वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजश्री बोथले ने बताया कि प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य देश और प्रदेश के बच्चों को विज्ञान तथा अंतरिक्ष ज्ञान के प्रति जागरूक करना है प्रदर्शनी में भारत की अंतरिक्ष यात्रा और चंद्रयान ट्र के संबंध में जानकारी दी गई है इसके अलावा सेटेलाइट और लॉन्च व्हीकल मॉडल के साथ अंतरिक्ष में भेजे गए छोटे बड़े सेटेलाइट के मॉडल भी प्रदर्शित किए गए हैं इस अवसर पर क्विज चित्रकला और रंगोली स्पर्धा का भी आयोजन किया गया मौसम प्रदेश के अनेक इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है खासतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री नीचे चला गया है हमारे अंबिकापुर संवाददाता ने बताया कि मैनपाट में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है

उन्होंने आज प्रयोग के तौर पर बिलासपुर शहर की यातायात व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों को मास्क वितरित किए श्री गुप्ता ने बताया कि ये मास्क विशेष तकनीक से बनाए गए हैं और इनमें एक खास किस्म के रसायन का इस्तेमाल किया गया है जो प्रद्षण को शरीर में प्रवेश करने से रोक सकता है इसका उपयोग ट्रैफिक सिपाहियों के अलावा आम नागरिक भी कर सकते हैं

राज्यपाल अनुसुईया उइके सुबह साढ़े ग्यारह बजे इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी

कलेक्टर ने बताया कि स्कूल में इसके लिए अलग से विशेष कक्ष तैयार किया गया है

भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण सरन सिंह ने आज इस स्पर्धा का उद्घाटन किया